वे आज शिमला में योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जनआकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है जयराम ठाकुर ने कहा कि ये देखने में आया है कि संबंधित विभागों द्वारा डीपीआर समय पर तैयार न किए जाने के कारण विधायक प्राथमिकताओं में अकसर विलंब हो जाता है मुख्यमंत्री ने विधायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी बल दिया

प्रधान उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम कल ही घोषित किए जाएंगे

इस अवसर पर गुरू गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदर साहिब गुरूद्वारे में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है देशभर से हजारों श्रद्वालु वहां पहुंचे हैं इधर प्रदेश में भी गुरू गोविन्द सिंह जी का प्रकाशोत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है

सोलन के सपरून स्थित गुरूद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न रागी जत्थों ने गुरूवाणी से संगतों को निहाल किया गुरूद्वारा सिंह सभा सपरून के अध्यक्ष मनमोहिन्द्र सिंह ने बताया कि गुरू गोविंद सिंह जी के वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरू पर्व का आयोजन किया जाता है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर नगर निकाय व पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में अपनी जीत का झूठा दावा करने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष राज्य सरकार की तीन साल की सफलताओं का झूठा गुणगान कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं राठौर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और इसका आगाज नगर निकाय चुनावों से हो चुका है

जिले में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की कम संख्या को देखते हुए एक ही स्थान पर टीकाकरण किया जा रहा है

दुरसंचार नेटवर्क प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में दूर संचार नेटवर्क में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने पांच सौ किलोमीटर ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क के उपयोग के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटिड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ये समझौता दुर्गम क्षेत्रों के लिए अतिआवश्यक टेलिकॉम क्नेक्टिविटी को गति प्रदान करेगा